और गढ़वाल मंडल में इगास का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

इसके लिए उत्तराखंड में एक कंटेंट क्रियेशन वर्किंग ग्रूप स्थापित करना होगा

यह वर्किंग ग्रूप भाषायी ताकत को मजबूत करने का भी काम करेगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कंटेंट क्रियेशन में बहुआयामी प्लेटफार्म को समझना होगा फिल्म और टेलिविजन के साथ डिजिटल क्रांति के लिए भी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए आने वाले समय में डिजिटल मीडिया सबसे सशक्त माध्यम बनने जा रहा है उन्होंने स्थानीय भाषाओं में भी कंटेंट क्रियेशन पर फोकस करने पर जोर दिया फिल्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में फिल्म टीवी सीरियल आदि की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार फिल्मकारों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों को अमल में लाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं इसमें सहयोग देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है कान्वलेव में चार सत्र आयोजित किए गए जिनमें प्रदेश की फिल्म नीति और राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने पर चर्चा के साथ ही राज्य में शूटिंग कर चुके फिल्मकारों का फीडबैक भी लिया गया फिल्म कान्क्लेव में विशाल भारद्वाज तिग्मांशु धूलिया मुजफ्फर अली जैकी भगनानी नारायण सिंह अजय अरोड़ा तरूण आदर्श कविता चौधरी भरत बाला समेत फिल्म जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने प्रतिभाग किया राज्य स्थापना दिवस मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी है राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों स्मरण करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राज्य हित के हर वो काम अब मुमकिन हो रहे हैं जो कि दशकों से लटके हुए थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय फलक पर प्रदेश ने अपनी खास पहचान बनाई है

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को सात पुरस्कार प्राप्त हुए है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संभावनाओं की कमी नहीं है विकास का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए काफी कुछ किया गया है और काफी कुछ किया जाना है खेलकूद प्रतियोगिता टिहरी राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर नई टिहरी में क्रीड़ा विभाग की ओर से बैडमिंटन और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया मैराथन दौड़ युद्ध स्मारक नई टिहरी से शुरू हुई जिसे पुलिस उपाधीक्षक धन सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रशासन द्वारा इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया विजेताओं को कल राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे

रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की मौजूदगी में टैबलेट का वितरण किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि नये दौर में नई तकनीक के माध्यम से बच्चों का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्होंने कहा कि आगामी माह में इस योजना को एक प्रोजक्ट के रूप लिया जायेगा

ब्यूटी पार्लर में विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनरों द्वारा महिलाओं को इस व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही है

उन्होने बताया कि प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से ऋण दिलाकर खूद के व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा

नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि नैनीझील एक अत्यन्त संवेदनशील जलाशय है और नैनीताल नगरवासियों की पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है नैनीझील की जैव विविधता और ईको सिस्टम का स्थाई बने रहना नगर के पर्यटन व्यवसाय पेयजल आपूर्ति और बड़ी संख्या में नगरवासियों के जीवनयापन के लिए आवश्यक है जिलाधिकारी ने कहा पिछले कुछ सालों में नैनीझील के संरक्षण के लिए विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रकार से शोध और तकनीकी सर्वे कार्य किये गये है नैनीझील की प्रकृति और पानी की सतह के नीचे आन्तरिक संरचनाओं में हुए परिवर्तन झील के दीर्घकालीन संरक्षण और ईको सिस्टम को बनाए रखने के लिए रूड़की के वैज्ञानिक द्वारा सघन बैथीमैट्री विशलेषण किया जायेगा बदरीनाथ बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से यहां पहुंचने वाले श्रद्वालु बेहद उत्साहित हैं बदरीनाथ के दर्शन के साथ साथ श्रद्वालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी के कारण धाम में कड़ाके की ठंड बढ़ गयी है बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है वहीं अत्यधिक ठंड के बीच चमोली पुलिस यात्रियों की सुविधाओं का पूरा खयाल रख रही है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रास्ते में जमी बर्फ को हटाने में जुटी है इगास पर्व गढ़वाल मंडल में इगास का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया उधर बूढ़ी दीपावली का पर्व कुमाऊं मंडल में पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल आज इगास पर्व मनाने सांसद अनिल बलूनी के पौड़ी जिले स्थित पैतृक नकोट गांव पहुंचे अनिल बलूनी की अस्वस्थता के बावजूद इगास मनाने के लिए नकोट गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने श्री पात्रा और श्री अग्रवाल का भव्य स्वागत किया यह पहला अवसर है जब इगास पर्व में राजनीतिक सक्रियता नजर आयी है नकोट गांव में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष सहित ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से गौपूजन गांव के मंदिर में पूजा अर्चना कर पारंपरिक भैला खेला इस अवसर पर श्री पात्रा ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति सभ्यता संस्कार लोकपर्व लोकसाहित्य को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इस तरह के पर्व बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि गांव और ग्रामीणों की बेहतरी के लिए यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है आपको बता दें कि दीपावली के ग्यारह दिन बाद मनायी जाने वाली दीपावली इगास कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनायी जाती है इसे हरिबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है विस्थापना बैठक कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव राजीव रौतेला ने हल्द्वानी में जमरानी बांध विस्थापन से संबंधित बैठक ली उन्होंने नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल और उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल को जमरानी बांध से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए भूमि तलाशने के निर्देश दिये

बैठक में मुख्य अभियन्ता ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जमरानी प्रभावित गांवों के सर्वे के लिए संयुक्त समिति गठन कर किया गया है समिति सभी गांवों का सर्वे कर पिलर लगाने का कार्य शुरू कर देगी

बागेश्वर पुलिस ने इस प्रतियोगिता में तीन पदक अपने नाम किए टीम ने एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शिनी ने पदक विजेताओं को सम्मानित करने की घोषणा की है इस प्रतियोगिता में कुश्ती भारोत्तोलन बॉक्सिंग कबड्डी और बॉडी बिल्डिंग खेलों में जवानों ने हाथ आजमाए जिले की पुलिस टीम ने प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम दिखाया जवानों के शानदार प्रदर्शन पर पुलिस अधीक्षक ने खुशी जताई